बेतिया वाल्मीकिनगर रेलखंड पर विद्युत इंजन का हुआ सफल परीक्षण

इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम आज होगा जारी

और प्रदेशभर के मौसम में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी

उच्चतम न्यायालय ने आपराधिक प्रष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की जानकारी देने संबंधी अपने निर्देशों के कथित उल्लघंन पर केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है इस संबंध में याचिका में कहा गया है कि अपराधिक प्रष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों द्वारा प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित करवाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप निर्वाचन आयोग ने च्रनाव चिन्ह आदेश उन्नीस सौ अड़सठ और आचार संहिता में कोई संशोधन नहीं किया है साथ ही विज्ञापन प्रकाशित करवाने के संबंध में कोई समय सीमा तय नहीं की गयी है याचिका पर सुनवाई करते हुये न्यायालय ने अपने पूर्व के फैसले पर अमल नहीं होने के बारे में तीन चुनाव उपायुक्तों विधि सचिव और कैबिनेट सचिव से जवाब देने को कहा है रेलवे ने चाय के लिए इस्तेमाल होने वाले उन कपों को वापिस ले लिया है जिन पर लिखा था मैं भी चौकीदार रेलवे ने यह कदम मीडिया में आई रिपोर्टों के बाद उठाया है आईआरसीटीसी ने एक बयान में बताया है कि ठेकेदार ने ऐसा विज्ञापन छापने के लिए उनसे पूर्व अनुमति नहीं ली थी अब रेलवे ने ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और उस पर एक लाख रूपए का जुर्माना लगाया है निर्वाचन आयोग और रेलवे लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता जागरूकता अभियान के तहत लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों के इस्तेमाल करने पर सहमत हुए हैं ये गाड़ियां हैं केरल एक्सप्रेस हिमसागर एक्सप्रेस हावड़ा एक्सप्रेस और गुवाहाटी एक्सप्रेस इन गाड़ियों में मतदाताओं को जागरूक करने वाले संदेशों के अलावा मतदाता हेल्पलाइन नम्बर और राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल प्रदर्शित किया जाएगा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि महागठबंधन के पास न तो नेता है और न ही नीति औरंगाबाद में पार्टी प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह के समर्थन में आयोजित चुनाव को संबोधित करते हुये श्री शाह ने कहा कि महागठबंधन में शामिल दलों का इतिहास भ्रष्टाचार का रहा है उन्होंने कहा कि यह चुनाव भारत को महाशक्ति के तौर पर देखने वाला चुनाव है इधर राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि यह चुनाव सिर्फ जनादेश के लिये नहीं बल्कि संविधान बचाने के लिये है उन्होंने कहा कि यह चुनाव सच और झूठ के बीच की लड़ाई है शिवसेना बिहार में बीस सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करेगी पार्टी के राज्य प्रमुख कौशलेंद्र शर्मा ने ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि नवादा से रंगेनाथ चारी किशनगंज से प्रदीप कुमार सिंह और खगड़िया से संदीप कुमार साकेत को उम्मीदवार बनाया गया है श्री शर्मा ने आरोप लगाया कि सत्ता पाने के लिये विभिन्न राजनीतिक दल अपने सिद्धांतों को छोड़कर गठबंधन बना रहे हैं भाकपा माले ने पाटलिपुत्र सीट पर राजद उम्मीदवार मीसा भारती को समर्थन देने की घोषणा की है पार्टी के राज्य सचिव कुणाल ने ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि राजद ने भाकपा माले के लिये आरा सीट छोड़ी है इसलिये पार्टी अब पाटलिपुत्र सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं देगी कैमूर जिले में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में जनतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार और प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार मंडल के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है बक्सर जिले में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने दो वाहनों से लगभग चार लाख रूपये बरामद किये हैं इस मामले में पुलिस दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है वहीं सुपौल जिले के दो अलग अलग थाना क्षेत्रों से पुलिस ने वाहन जांच के दौरान लगभग छह लाख उनहत्तर हजार रूपये जब्त किये हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों के अधिवक्ता संघों का चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद होगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस संबंध में बिहार स्टेट बार काउंसिल को निर्देश जारी किया है हालांकि जिन वकील संघों में नमांकन पत्र भरा जा चुका है और मतदाता सूची तैयार की जा चुकी है वहां चुनाव प्रक्रिया जारी रहेगी और तय तारीख को ही चुनाव होगा पश्चिम चंपारण के बेतिया वाल्मीकिनगर रेलखंड पर विद्युत इंजन का सफल परीक्षण किया गया मुख्य संरक्षा आयुक्त मोहम्मद लतीफ खान की देखरेख में एक सौ दस किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से इलेक्ट्रिक इंजन का ट्रायल हुआ बाद में श्री खान ने बताया कि जल्द ही इस रेलखंड पर विद्युत इंजन से ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जायेगा इधर हाजीपुर बछवारा रेलखंड दोहरीकरण परियोजना के तहत बछवारा और मोहीउद्दीननगर स्टेशन के बीच कल विशेष ट्रेन द्वारा स्पीड ट्रायल किया जायेगा ट्रैफिक ब्लॉक और मालगाड़ियों के अत्यधिक परिचालन के कारण पूर्व मध्य रेलवे से गुजरने वाली तीन ट्रेनें सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस चंपारण हम सफर एक्सप्रेस और गरीब नवाज एक्सप्रेस दो से सोलह अप्रैल के बीच रद्द रहेगी इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम आज जारी होगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि कला वाणिज्य और विज्ञान तीनों संकायों का परिणाम एक साथ जारी किया जायेगा उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग के अपर सचिव आर के महाजन आज दिन के एक बजे रिजल्ट जारी करेंगे परीक्षा परिणाम बोर्ड की वेबसाइट बीएसईबी बिहार डॉट कॉम पर उपलब्ध रहेगा यह पहली बार है जब बिहार बोर्ड मार्च महीने में परिणाम जारी कर रहा है इस बार की इंटरमीडिएट परीक्षा में तेरह लाख पंद्रह हजार तीन सौ इकहत्तर परीक्षार्थी शामिल हुये थे प्रदेश भर के मौसम में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है मौसम विभाग के अनुसार जेट स्ट्रीम के प्रभाव से मौसम के रूख में परिवर्तन आ रहा है विभाग ने कहा है कि अगले अड़तालीस घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे कहीं कहीं हल्की बारिश की भी संभावना है कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान पैंतीस डिग्री और न्यूनतम तापमान बीस डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया गोपालगंज जिले की एक अदालत ने दहेज हत्या के लगभग दस वर्ष पुराने एक मामले में आरोपी पति को फांसी की सजा सुनायी है साथ ही आरोपी महिला रिश्तेदार को उम्रकैद और पचास हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई गयी है पटना स्थित एनआईए की विशेष अदालत ने पिछले दिनों गिरफ्तार दो बांग्लादेशी आतंकवादियों की हिरासती पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड की अवधि दस दिनों के लिये और बढ़ा दी है मध्रबनी जिले के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत रानीपुर गांव से पुलिस ने पचास हजार रूपये के ईनामी अपराधी सुमन सौरभ समेत चार अन्य को गिरफ्तार किया है पटना जिले के बाढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत सहरी हॉल्ट के पास पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पांच शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों के नामों की घोषणा आज के सभी समाचारों पत्रों की प्रमुख सुर्खी है हिन्दुस्तान लिखता है घटक दलों ने बत्तीस प्रत्याशियों के नाम घोषित किये आठ सीटों पर प्रत्याशी बाद में तय होंगे दैनिक जागरण ने इसी खबर को शीर्षक दिया है पाटलिपुत्र से मीसा भारती और मुंगेर से नीलम चूनाव मैदान में प्रभात खबर ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के बयान को प्रकाशित करते हये लिखा है महागठबंधन के पास न नेता न नीति ये जानते हैं सिर्फ भ्रष्टाचार दैनिक भास्कर की सुर्खी है नीरव मोदी की जमानत अर्जी लंदन की अदालत में खारिज राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं किया आचार संहिता का उल्लंघन चुनाव आयोग आज की सुर्खी है इंटरमीडिएट का रिजल्ट आज

बेतिया वाल्मीकिनगर रेलखंड पर विद्युत इंजन का हुआ सफल परीक्षण

इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम आज होगा जारी

और प्रदेशभर के मौसम में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी